लोकसभा चूनाव में प्रचंड बहमत लेकर आये भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी तीस मई की शाम सात बजे दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में श्री मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे इसके बाद मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को शपथ दिलायी जायेगी श्री मोदी भाजपा के ऐसे पहले नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार भी इस पद के लिए चुना गया है भाजपा नेता श्री मोदी जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लगातार द्रसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं भाजपा से अटल बिहारी वाजपेयी भी लगातार दो कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गय थे लेकिन उनका पहला कार्यकाल सिर्फ एक साल सात महीने का ही रहा था राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को जीवनभर मुफ्त दवा देगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के आईजीआईएमएस में कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान मरीज को तीन लाख रूपये दिये जाते हैं जिसमें से दो लाख रूपये ऑपरेशन के समय और एक लाख रूपये दवाईयों और जांच के लिए दिये जाते हैं जिसके बाद गरीब मरीज दवाएं नहीं खरीद पाते हैं अब सरकार ने उन्हें जिंदगी भर मुफ्त दवा देने का निर्णय लिया है वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति ने पटना जिले के बाईस दवा दुकानों पर टीबी की दवाएं मुफ्त देने की व्यवस्था की है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वर्ष दो हजार पच्चीस तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह व्यवस्था की गयी है राज्य सरकार ने पेयजल संकट से जुझ रहे शहरी क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है नगर विकास विभाग ने नगर निकायों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भेजा है विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि हर निकाय को तत्काल दो वार्ड पर एक टैंकर की खरीद करने का निर्देश दिया गया है सचिव ने कहा कि बंद पड़े चापाकलों को मरम्मत कराने और कुछ स्थानों पर समर्सिबल पंप लगाने का आदेश दिया गया है राज्य सरकार अब रेलवे के ओवर ब्रिज और अंडरपास का निर्माण करायेगी इसके लिए सरकार ने रेलवे से एक समझौता किया है रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि आरओबी और अंडरपास के निर्माण पर होने वाले खर्च की राशि में पचास प्रतिशत राज्य सरकार तथा पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेंगी जमीन अधिग्रहण और सम्पर्क पथ बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी वैशाली जिले में अपराधियों ने एक गैस एजेंसी से लगभग साढ़े सोलह लाख रूपये लूट लिये नगर थाना क्षेत्र के हथसारगंज में हुई इस लूटकांड के बारे में पुलिस ने बताया कि शाम सात बजे बारह से अधिक अपराधी गैस एजेंसी पहुंचे अपराधियों ने गैस कर्मचारियों को बंधक बना लिया और रूपये लूट कर फरार हो गये अपराधी अपने साथ सीसी टीवी कैमरे की हार्ड डिस्क और एक कर्मी की बाईक भी लेकर चले गये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में मॉनसून के दस जून तक प्रवेश करने की सम्भावना है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लिए अरब सागर में अनुकूल वातावारण बना हुआ है और वह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है जिससे दस जून तक मॉनसून झारखंड के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा जबकि प्री मॉनसून के बादल जून के पहले सप्ताह से दिखने लगेंगे इस मॉनसून में अच्छी वर्षा होने की सम्भावना बनी हुई है उधर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक राज्य के गया राजगीर नवादा औरंगाबाद और नालंदा लू की चपेट में रहेंगे साथ ही इन स्थानों का अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है सत्रहवीं लोकसभा और चार राज्यों में विधानसभा चूनाव के परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव से पहले लागू किये गये आदर्श चुनाव आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया है चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव के साथ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिख कर यह जानकारी दी है गौरतलब है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता दस मार्च को लागू की गयी थी दरभंगा जिले में शराब से जुड़े मामले में सही करवाई नहीं करने पर पतोर आउट पोस्ट के प्रभारी मोहम्मद खुर्शीद को निलंबित कर दिया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि दारोगा पर शराब से जुड़े मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने का आरोप है वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के सोहरथी गांव से पूलिस ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली के पास से हथियार भी बरामद किये गये हैं वहीं गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के डोमचुआं गांव से पुलिस ने दस साल से फरार एक नक्सली को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस पूछताछ कर रही है दानापुर मे सम्पन्न अंडर फिफ्टीन कुश्ती प्रतियोगिता में कैमूर की टीम ने ओवर ऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है जबकि पटना दूसरे और रोहतास तीसरे स्थान पर रहा उधर राजधानी पटना में चल रही राज्य महिला शतरंज प्रतियोगिता में तीन चक्रों की समाप्ति के बाद वैशाली की नेहा सिंह पूर्णियां की गरिमा गौरव और सहरसा की प्रेरणा कुमारी तीन तीन अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर बनी हुई है इधर पाटलिपुत्र खेल परिसर में कल से शुरू हुये राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में रोहतास के अमित कुमार पटना के अभिषेक कुमार और सारण के तेज कुमार ने अपने अपने मैच जीत कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है बैट्री से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का नम्बर प्लेट हरे रंग का होगा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम उन्नीस सौ नवासी में संशोधन किया है राज्य परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस नम्बर प्लेट पर पीले रंग से निबंधन संख्या लिखी जायेगी सारण जिले में मांझी थाना क्षेत्र के जयप्रभा सेतु के पास से पुलिस ने एक कार से तीन सौ अड़तालीस बोतल विदेशी शराब बरामद की है वहीं पटना सिटी के दीदारगंज क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से तीन सौ एक कार्टन शराब बरामद किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के शपथ लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है मोदी तीस को फिर सत्ता सम्भालेंगे अखबार ने एक अन्य खबर सहयोगी की हत्या से आहत स्मृति ने अर्थी को कंधा दिया को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने इमरान को मोदी की दो टूक को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर लिखता है रालोसपा विधानमंडल दल का अस्तित्व खत्म दोनों विधायक और एक एमएलसी जदयू में शामिल प्रभात खबर ने बिहार में एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग पर लिखा है मोदी नीतीश के साथ हुआ लालू का जिन्न आज अखबार की सुर्खी है भाजपा नेता और बैंककर्मी के पुत्रों का अपहरण राष्ट्रीय सहारा लिखता है रालोसपा विधायक दल का जनता दल यू में विलय